लोअर सुबनसिरी जिले के हापोली में मंगलवार को समुदाय आधारित संगठनों के साथ हुए एक बैठक में उन्होंने कहा कि अपराधियों का किसी भी जाति या कुल से कोई बावस्ता नही होता उन्हें तो कानून के प्रावधान के अनुसार निपटा जाना चाहिए

लेकिन कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में समूदाय आधारित संगठनों की महत्वपूर्ण भ्रमिका है श्री फेलिक्स ने कहा कि युवाओं के सोच में क्रांतिकरी बदलाव लाने के लिए और शांतिपूर्ण राज्य के ओहदे पर राज्य को फिर से बहाल करने के लिए पुलिस विभाग समुदाय आधारित संगठनों का सहयोग चाहेंगे

उन्होंने सभी हितधारकों से क्षेत्र में समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनकी सहयोग की अपील की श्री मांगफी ने विभागीय प्रमुखों से संबंद्व विभागों के विजन दस्तावेजो को जमा करने को कहते हुए कार्य को मिशन मोड़ में करने को कहा ताकि लोगों तक लाभ को पहुंचाया जा सके

श्री गोगोई आर्किड सोसायटी ऑफ ईस्टर्न हिमालया के संस्थापक सदस्य भी है वे असम के तिनसुकिया जिले के दुमदुमा में जंगली आर्किड के संरक्षण और प्रसार पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कइ वर्षों से अरुणाचल में आर्किड तस्करी के रैकेट सक्रिय है और इसके अलावा वनों की कटाई और सड़क निर्माण गतिविधियों के कारण अरुणाचल प्रदेश में कई एपीफाईटिक आर्किड के प्रजाति लुप्त हो रहे है

अतिरिक्त कमांडेट ताचुंग तारिंग के नेतृत्व में कार्यालय परिसर सड़क के किनारे और अन्य जगहों पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए आई टी बी पी जवानों के अलावा सप्ताह भर चलने वाले वन महोत्सव कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों छात्रों और गांववालों ने भी पासीघाट और मेबो में पौधारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया

इस समिति में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र को सदस्य के रुप में शामिल किया गया है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि किसानों की आय दुगुनी करने संबंधी अंतर मंत्रालय समिति ने पिछले वर्ष सितंबर में सरकार को सिफारिश सौंपी थीं श्री तोमर ने बताया कि समिति ने कृषि हाट सुधारोंकिसानों को उपज के बेहतर कीमत दिलानेउनके लिए खाद्य बीज वगैरह किफायती दरों पर मुहैया कराने सिंचाई प्रबंधन और जोखिम से निपटने जैसे उपायों पर जोर दिया है श्री तोमर ने बताया कि किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में कई पहल की जा चुकी हैं